विश्व योग दिवस के अवसर पर इक्कीस जून को रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों विकासखंडों और पंचायतों में सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा ओम बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार ओम बिड़ला आज सत्रहवीं लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए कांग्रेस डीएमके तृणमूल कांग्रेस बीजू जनता दल तेलगू देशम वाईएसआर कांग्रेस जनता दल यूनाइटेड और शिवसेना सहित सभी प्रमुख दलों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ओम बिड़ला को अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव का समर्थन किया बाद में कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार ने ओम बिड़ला के लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने की घोषणा की मंत्री जिला प्रभार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों को नए सिरे से जिले की कमान सौंपी है पंचायत और ग्रामीण विकास तथा लोक स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को जांजगीर चांपा बलौदाबाजार भाटापारा और मुंगेली जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू को बिलासपुर और गरियाबंद जिले का कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे को रायपुर और रायगढ़ जिले का आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम को बस्तर कोरबा और बालोद जिले का वन मंत्री मोहम्मद अकबर को राजनांदगांव और दुर्ग जिले का प्रभार दिया गया है इसी तरह उद्योग मंत्री कवासी लखमा को कबीरधाम धमतरी और महासमुंद जिले का नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया को सरगुजा और कोरिया जिले का महिला तथा बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया को बेमेतरा और जशपुर जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार को कांकेर नारायणपुर और कोंडागांव जिले का राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को दंतेवाड़ा बीजापुर और सुकमा जिले का तथा उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल को बलरामपुर रामानुजगंज और सूरजपुर जिले का प्रभार सौंपा गया है मुख्यमंत्री सिकल सेल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के सिकल सेल संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टेम सेल थैरेपी और हीमोग्लोबिनोपैथी जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी श्री बघेल ने आज रायपुर के नवीन विश्राम गृह में आयोजित विश्व सिकल सेल दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सिकल सेल पीड़ितों और इसके वाहकों को पता लगाने के लिए सभी लोगों के खून की जांच की जानी चाहिए उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसे संस्थान स्थापित किए जाने चाहिए जो इस पर शोध करें और इसका उपचार दूंढें मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए सभी संसाधन मुहैया कराएगी कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश के सभी जिलों में नवीन सिकल सेल जांच और परामर्श केन्द्र शुरू करने की घोषणा की उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी को सिकल सेल से बचाने के लिए जानकारी और जागरूकता जरूरी है मुख्यमंत्री सम्मेलन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वनवासियों को पौष्टिक आहार देने और मोबाइल चिकित्सा के माध्यम से हाट बाजारों में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने की घोषणा की है श्री बघेल ने रायपुर के महादेवघाट में आयोजित हरदिया साहू समाज के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग कुपोषण से सबसे ज्यादा ग्रसित है इस समस्या को मिटाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों और महिला समूहों के माध्यम से स्थानीय लोगों की रूचि के अनुसार पौष्टिक भोजन प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाएगा उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर कुछ पंचायतों में यह शुरू किया जाएगा उसके बाद समस्या ग्रस्त सभी जिलों में यह योजना शुरू कर दी जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि मोबाइल चिकित्सा योजना के तहत चिकित्सा दल सभी आवश्यक दवाएं लेकर हाट बाजार जाएंगे और पीड़ितों का उपचार करेंगे यह व्यवस्था एक सप्ताह में शुरू कर दी जाएगी गौरतलब है कि ये योजनाएं देश में अपने किस्म की अनूठी योजनाएं होंगी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इन योजनाओं की शुरूआत बस्तर संभाग से की जाएगी

श्री अवस्थी ने इस संबंध में सभी पुलिस अधीक्षकों थाना प्रभारियों और रेलवे पुलिस को पत्र लिखकर निर्देश जारी किया है जारी निर्देश में उन्होंने कहा है कि थाना पहुंचने पर नागरिकों के साथ सद्भावनापूर्ण व्यवहार किया जाए साथ ही प्रत्येक थाने में थाना प्रभारी तीन पाली के लिए तीन कर्मचारियों को नोडल कर्मचारियों के रूप में नियुक्त करें श्री अवस्थी ने कहा है कि दुर्व्यवहार और भ्रष्ट आचरण प्रदर्शित करने वाले थाना प्रभारी और कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी

रायपुर में सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा

इस दिन राज्य के साठ लाख से अधिक व्यक्तियों को योग प्रदर्शन के लिए सम्मिलित किए जाने का लक्ष्य है कबीरधाम जिले में भी योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा इस सिलसिले में कवर्धा में तीन दिवसीय योग अभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जो बीस जून को संपन्न होगा

जिला प्रशासन और निजी संस्थाओं द्वारा अपने अपने स्तर पर योग दिवस को यादगार बनाने हरसंभव प्रयास किया जा रहा है

इस अवसर पर योग जीवन का आधार विषय पर रंगोली प्रतियोगिता के अलावा प्रश्न मंच कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया इसमें योग से संबंधित प्रश्न पूछे गए और सही जवाब देने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया

कार्यक्रम में योग प्रशिक्षक मंजू झा योग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डालेंगी इस बातचीत का प्रसारण कल सुबह नौ बजकर दर्स मिनट पर आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा

मिली जानकारी के अनुसार मद्देड़ थाना क्षेत्र में बीती शाम माओवादी संतोष पुनेम का अपहरण कर अपने साथ ले गए थे वहीं आज मरमल्ली गांव में संतोष पुनेम का शव बरामद किया गया गौरतलब है कि सपा नेता संतोष पुनेम विधायक प्रत्याशी भी रह चुके हैं इधर दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक के सामने आठ लाख रूपये के एक इनामी सहित चार माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है मौसम और अब पेश है मौसम का हाल प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में बीते चौबीस घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है वहीं एक दो स्थानों पर अभी भी लू की स्थिति बनी हुई है